इस बैठक में केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के वित्तमंत्री भी इसमें भाग ले रहे हैं राज्यों को जीएसटी में हुई क्षति की पूर्ति के लिए यैकल्पिक व्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है केंद्र सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों को बैंकों से कर्ज लेने का विकल्प दिया था

केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने ट्वीट में समी सफल विद्यार्थियों को बधाई दी और उनसे आग्रह किया है कि ये भविष्य में आत्मनिर्भर भारत के लिए काम करें दृष्कर्म कार्रवाई गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राज्य में कुछ स्थानों पर द्वष्कर्म की घटनाएं सामने आने के मद्देनजर आज कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है श्री मिश्रा ने आज भोपाल में मीडिया से कहा कि ऐसे दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा दुर्गावती जयंती प्रसिद्ध वीरांगना रानी दुर्गावती की जयंती पर आज प्रदेश में उनका स्मरण करते हुए उनके प्रति श्रद्वांजलि अर्पित की जा रही है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि रानी दुर्गावती की शौर्य और पराक्रम की गाथाएं बेटियों को असंभव को संभव कर दिखाने का साहस देंगी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट के माध्यम से रानी दुर्गावती को श्रद्वांजलि अर्पित की है

इसमें नर्मदा किनारे के गांवों के लोग शामिल होंगे